कैबिनेट फैसबे उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी

समीक्षा बैठक प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बाजार खुलने का समय सुबह सात बजे से शाम सात किया गया है

कल म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के साथ उच्चाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के साथ ही क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्थाओं को स्व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिये उन्होंने छोटे निर्माण कार्यों के लिये स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को अन्मति प्रदान करने के साथ ही काम के लिए सीमित अवधि के लिये थे ने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन की अवधि की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने को कहा है

इन सभी को जिले की सीमा पर क्वारंटीन किया गया था इनमें से एक व्यक्ति रुद्रप्रयाग और एक उत्तरकाशी का भी शामिल है

जिलाधिकारी ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए तैयारियां भी बड़े स्तर पर की जा रही है और इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है बैठक में होटल व्यवसायियों ने होटल अधिग्रहण पर जिला प्रशासन का समर्थन किया

अल्मोड़ा स्थित पण्डित जी बी पन्त हिमालयी राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान कोसी कटारमल ने इस समस्या को थ जीविका का साधन बनाने में सफलता हासिल की है संस्थान ने कोसी में पाइन के लिए तकनीकी परिसर की स्थापना की तकनीकी परिसर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ सतीश थ र्या ने बताया कि पाइन से फाइल कवर बैग मोटा कागज और बायो फ्यूल बनाया जा रहा है

अल्मोड़ा में गरज चमक के साथ बारिश से तापमान में कमी थ यी है

इस बीच गढ़वाल मंडल में ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश की खबर है मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम में बदलाव से इनकार किया है